आज आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को सेहतमंद बनाये रखने के लिए ई सिगरेट पर पांबदी लगाई गई है केन्द्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है नौ दिन चलने वाले नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो गया है आज हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की जयंती श्रद्वा और उल्लास से मनाई गई भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रणी स्थान बना लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास प्रकट किया है कि अगले माह की दो तारीख को लोग सिंगल यूज प्लासिटक के संकट से निजात पाने के लिए देश व्यापी अभियान में शामिल होंगे

उन्होंने इसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए एक नया आयाम बताया अपने रेडियो प्रसारण में प्रधानमंत्री ने रिपू दमन वेलवी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जिन्होंने इस विशेष पहलकदमी के लिए अपने विचार सांझे किये

श्री मोदी ने लोगों को तम्बाक का प्रयोग बंद करने तथा ई सिगरेट के बारे में बताते हए कहा कि ई सिगरेट में बहत ही खतरनाक रसायन इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है

श्री मोदी ने कहा कि फिट इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमे हर तरह के नशे त्याग देने चाहिए

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्षमी के रूप में सम्मान दिया जाता है और लोगों को अपील की कि आने वाला दीपावली का त्यौहार बेटियों के साथ मनाया जाये श्री मोदी ने कहा कि त्यौहारों के उपलक्ष्य में गरीबों को कपड़े मिठाईयां और भोजन बांटा जाये

श्री मोदी ने विदयार्थियों अध्यापकों व माता पिता को अपील की कि वे तनाव मुक्त इम्तिहानों के अलग अलग पहलूओं पर अपने अनुभव तथा सुझाव भेजे

केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज की निर्यात पर रोक सम्बधी नीति में संशोधन कर ये फैसला किया है इससे पूर्व केन्द्र ने दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के दल को किसानों व्यवसायियों और ट्रांसपोटरों से बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र भेजा था जिससे कि प्याज की उपलब्धता को आंका जा सके और उन्हें बाज़ार में और प्याज लाने के लिए मनाया जा सके केन्द्र राज्यों की मांग पर भी उन्हें प्याज भेज रहा है

अश्विन नवरात्र के प्रथ्म दिन शक्ति पीठ माता मनसा देवी के दरबार में हज़ारों श्रदवालुओं ने माथा टेका

इसके अलावा श्रदवालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री माता मनसा देवी के पूजा स्थल बोर्ड एम एस यादव ने बताया कि श्रद्वालूओं के स्विधा के लिए बोर्ड दवारा विशेष प्रबंध किए गये है विकंलांग व ब्जूर्गो के लिए लिफ्ट में व्हीलचेयर का प्रबंध किया गया है पहले नवरात्र के श्भ अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाया

छोटी काशी के नाम से प्रसिद्व भिवानी शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में आज प्रथम नवरात्रे पर श्रद्वाल्ओं ने माता शैलप्त्री की पूजा अर्चना की भिवानी के देवसर धाम भोजा वाला मंदिर द्र्गा मंदिर मां भगवती मंदिर काली मंदिर सहित अनेक मंदिरों में मां दूर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा पूरी श्रद्वा से की जाये भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा च्नाव के मद्देनजर रोहतक में प्रदेश च्नाव कार्यालय खोल दिया है इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया यज्ञ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने आहति डाली

वहीं उन्होंने बताया कि एक दिन पहले रात तक चुनाव से संबंधित बैठकों का दौर चला वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व यह पहले ही तय कर च्का है कि च्नाव में सांसदों व विधायकों के प्त्र व प्त्री को विधानसभा च्नाव में टिकट नहीं दिया जाएगा हरियाणा के पूर्व म्ख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने दल बदलू नेताओं को लेकर बड़ा बयान देते हए कहा कि जो लोग इनेलो छोड़कर गए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा फतेहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हऐ उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने नौकरी दी उनके लिए वह जेल काट रहे है ओमप्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की

पार्टी सप्रीमो राजकुमार सैनी ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने सभी जातियों को जन संख्या के अन्पालन में हिस्से के अन्सार च्नाव में हिस्सेदारी दी है

आज हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की जयंती श्रद्वा एवं उत्साह से साथ मनाई गई

हरियाणा में कल से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रे प्रदेश में कल से रूक रूक कर वर्षा हो रही है